यह प्ल गांव नचौली से महावतप्र को जोड़ता है इसके लोकार्पण से गांव नचौली महावतप्र भसकोला लालप्र भूपानी राजप्र कला जसाना आदि गांवों को लाभ होगा यह प्ल दो लाइन का बनकर तैयार हुआ है उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य कराए जा रहे हैं उनके लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्य बहत तीव्र गति से हो रहे हैं

बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया और देना बैंक के प्रस्तावित विलय को लेकर बैंक यूनियनों की हड़ताल के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सेवाएं आज प्रभावित हई हैं इस हडताल का आहवान युनाइटेड फोरम ऑफ़ बैंक युनियंस दवारा किया गया है जिसमें अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ सहित बैंक कर्मचारियों के क्ल नौ संगठन शामिल हैं हालांकि नई पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं गत श्क्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी संघ ने इस विलय के खिलाफ एक दिन की हड़ताल की थी हरियाणा में भी बैंको की हड़ताल से करोड़ा का लेन देन प्रभावित रहा और उपभोक्ता परेशान रहे यम्नानगर से हमारे संवाददता के अन्सार जिले के यम्नानगर जगाधरी सढौरा खिजराबाद दाद्प्र लेदी सरस्वती नगर छछरौली रादौर बिलासप्र आदि इलाकें में स्थित सार्वजनिक बैंकों की शाखायें बंद रही औदयोगिक क्षेत्र होने के कार आज करोड़ो का लेने देन प्रभावित रहा प्राईवेट बैंको मे आज दिन भर भीड लगी रही अम्बाला में भी आज बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल रखी जिस कारण लोगों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ा अम्बाला छावनी की बैंक ऑफ बडौदा शाखा के सामने कर्मचारियों व अधिकारियों ने प्रदर्शन किया इस प्रदर्शन् में सभी बैंको के नौ यूनियन शामिल है

फोटोग्राफक्स को तीन श्रेणियों के तहत ये प्रस्कार दिये जायेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट पेशवर फोटोग्राफर प्रस्कार और शौकिया नये फोटोग्राफर प्रस्कार की श्रेणीमें दो तरह कि प्रस्कार होंगे एक लाख रूपये का एक प्रस्कार और पचास हजार रूपये के पांच प्रस्कार

हरियाणा खादी बोर्ड एवं ग्रामीण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती गार्गी कक्कड़ ने कहा कि खादी बोर्ड दवारा ग्राम मित्र ग्राम उदयोग के नाम से स्टोर खोले जाएंगे जहां वस्त्र मसाले ध्रपबत्ती एलोवेरा रेडीमेड के वस्त्र आदि अच्छी ग्णवता वाला सामान लोगों को सस्ती दरों पर मिलेगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश में खादी बोर्ड को बढ़ावा देने के लिए खादी हरियाणा के नाम से अलग स्टोर खोले जाएंगे जहां केवल खादी बोर्ड द्वारा तैयार किया सामान सस्ती दरों पर मिलेगा इन स्टोरस पर बोर्ड का पूरा नियंत्रण होगा और इन्हें सीधे पंचक्ला म्ख्यालय के साथ जोड़ा जाएगा जहां खादी बोर्ड पब्लिक के सहयोग के साथ काम करेगा उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में भी जल्द ही एक हर खादी स्टोर खोला जाएगा

हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने समाज के प्रबुद्ध लोगों का आहवान किया है कि वे समाज के गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों का सरकार की कल्याणकारी योजनाओं बारे जागरूक करे ताकि जरूरतमंद लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहंच सें आज राजभवन में श्री ग्रू रविदास विश्वविद्यालय महापीठ के राज्य महामंत्री व केन्द्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के सदस्य श्री सूरजमल कटारिया के नेतृत्व में आये प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में श्री आर्य ने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारों दवारा गरीब वर्ग के कल्याण के लिये कई योजनायें चलाड्र जा रही हैपर जागरूकता की कमी के चलते वे इनमें वंचित रहे जाते है ऐसे भी सभी विभागों व सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने विभाग की योजनाओ का भरपूर प्रचार प्रसार करे श्री आर्य ने गरीब वर्ग के लिये शिक्षा के महत्व पर बल दिया और विशेष तौर पर लड़कियों की शिक्षा पर ओर काम करने की आवश्यक्ता है राजयपाल ने कहा कि आज ई सेवा और ई गर्वेनस के य्ग में य्वाओं को सभी प्रकार की सेवाओं के लिये अत्योदय सरल केन्द्र और अत्योदय भवनों से सेवा का लाभ उठाने की अपील की आज महान देश भक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी शहीद उद्यम सिंह कम्बोज की जयंती श्रद्वा के साथ मनाई जा रही है यम्नानगर के शहीद उद्यम सिंह पार्क में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा व मेयर मदन चौहान की उपस्थिति में शहीद को श्रदवास्मन अर्पित किये गये रादौर में भी शहीद की जयंती मनाई गई और उनकी प्रतिमा व चित्र पर प्ष्प अर्पित कर उन्हें श्रदवाजंत्रि दी गई

कार्यक्रम को सम्बोधित करने वाले वक्ताओं ने य्वाओं को शहीद उद्यम सिंह कम्बोज के जीवन से सीख लेने का आहवान किया उन्होने कहा कि य्वा वर्ग केा नशे की लत से दूर रहकर देश व समाज हित में काम करना चाहिए रोहतक प्लिस ने स्पैशल टास्क् फोर्स की एक टीम ने अवैध हथियार सहित रोहतक में बोहर नहर के पास एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है इस व्यक्ति पर पचास हजार रूपये का इनाम घोषितथा प्लिस प्रवक्ता के अन्सार गिर फ्तार आरोपी का पहचान संदीप उर्फ सोनू निवासी मोखरा जिला रोहतक के रूप मे हई है उसके कब्जे से एक देसी पिस्तोल व एक जिंदा रौद भी बरामद ह्आ है

इससे खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग के उच्च अधिकारी व जिला प्रशास ने के अधिकारी शामिल होंगे यात्रा के दौरान पोषण अभियान की जानकारी दी जायेगी